जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जेएस बलहारा ने आकाशवाणी को बताया कि सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना होगा यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा वहीं सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा यात्रियों की जांच के लिए सभी हवाई अड्डों पर चिकित्सकों की टीमें लगाई गई है उधर केन्द्र सरकार ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें

संयुक्त अरब अमीरात से अधिकतम उडानें निर्धारित की गई हैं वंदे भारत मिशन के अन्तर्गत संयुक्त अरब अमीरात से पिछले दो सप्ताह से अधिक समय के दौरान लगभग छह हजार भारतीयों को वापस लाया गया है

श्री खाचरियावास ने इसके लिए रोडवेज के सभी चालक परिचालकों और अन्य स्टाफ को धन्यवाद देकर उनका हौसला बढाया है

प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए आज से हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बसे चलाई जा रही है इन बसों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा सकता है एक अस्थि कलश के साथ दो लोग निःशुल्क यात्रा कर सकते है

पाकिस्तान की ओर से आई टिड्डियों का प्रकोप प्रदेश में बढता ही जा रहा है आज जयपुर के एमआई रोड़ सिविल लाईन्स सोडाला विद्याधर नगर मुरलीपुरा और झोटवाडा सहित अन्य ईलाकों में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया इन पर नियंत्रण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाये जा रहे है जोधपूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि टिड्डी दलों पर अब ड्रोन से एयर सर्विलांस के साथ पेस्टीसाइड स्प्रे किया जा सकेगा

इस बीच धौलपुर जिले को टिड्डी आकमण प्रभावित जिला घोषित किया गया है इस संबंध में जिला कलैक्टर ने अधिसूचना जारी कर दी प्रदेशभर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों पर ही रहकर ईद की विशेष नमाज अदा की

प्रदेश में अगले दो दिनों में बीकानेर कोटा जोधपुर जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भीषण लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी दी है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लू का दौर अगले चार पांच दिनों तक जारी रहेगा